राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सात सौ अड़सठ कोरोना संकमित मरीज ठीक हए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में गेमचेंजर साबित होगी उन्होंने कहा कि इसे अमल में लाने के लिए हम सभी को एकसाथ संकल्पबद्ध होकर काम करना होगा नई नीति से इक्कसवी सदी के भारत की शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला मजबूत होगी प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि हाउ दू थिंक पर जोर दिया गया है

हजारीबाग जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी शुरू हो गयी है इस बार समारोह सादगीपूर्ण माहौल में मनाया जायेगा

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सात सौ अड़सठ मरीज स्वस्थ हुए जिसके बाद संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में सुधार आया यह अड़तीस प्रतिशत से बढ़कर लगभग बयालीस प्रतिशत हो गया है इधर राज्यभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पन्द्रह हजार सात सौ छप्पन हो गई है

अब तक कुल तेरह लाख अठहत्तर हजार एक सौ पांच लोग स्वस्थ हुए हैं

इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर बढकर सड़सठ दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है राज्य में कोराना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं अब पांच से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं आज सुबह जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के सात सौ चौंतीस नये मरीज मिले हैं कल राजधानी रांची से सबसे अधिक दो सौ सड़सठ संक्रमित मरीज मिले

हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस सहित एसपी आवास के पांच लोग कल संक्रमित पाए गए

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ संजय कुमार सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस एवं उनकी मां के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े वरीय अधिकारी डॉ रजत चक्रवर्ती भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं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

आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये जारी किए गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सहायता एक समेकित नीति के अंतर्गत दी जा रही है केन्द्र ने इसके लिए पंद्रह हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने धनबाद जिले के उपायुक्त को बाघमारा निवासी अंतरराष्ट्रीय महिला फ्टबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन और उनके परिवार को जरूरी सरकारी मदद देने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु सरकार नीति और कार्यप्रणाली के साथ जनता के समक्ष आने वाली है मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी थी कि फुटबॉलर संगीता सोरेन पत्तल बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने को विवश है राज्य सरकार हड़ताल पर गए अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को आज नोटिस जारी कर काम पर लौटने के लिए आग्रह करेगी सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आज हडताल में शामिल स्वास्थ्य कर्मी काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया है सभी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर हैं जिससे स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है आज छठा राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है कपड़ा मंत्रालय की ओर से इसका वर्च्अल तरीके से आयोजन किया गया इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हस्तकरघा पोर्टल और एप लॉन्च किया मौके पर उन्होंने कहा कि पोर्टल से कपड़ा मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी मिलेगी समारोह के दौरान देशभर के हथकरघा समूह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी से जुड़े कॉलेज सभी अठाइस ब्रनकर सेवा केन्द्रों राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम और अन्य लोग ऑनलाइन शामिल हए इस अवसर पर हस्तकरघा ब्रनकरों की कारीगरी के प्रति नागरिकों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाने की योजना बनायी गयी है इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प का उपयोग करने और इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार करने की अपील की

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीइआरटी इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी गोगी प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम देशभक्ति पर आधारित अपने तरह के पहले ऑनलाइन फिल्म समारोह का आयोजन कर रहा है

समारोह में भारतीय इतिहास से जुड़ी स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं पर आधारित फिल्मों को दिखाया जाएगा इस समारोह का उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के म्यूच्यूअल फंडों या एक्सचेंज कारोबार फंड के जरिये ऋण पत्रों में निवेश करने की अनुमति दे दी है रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी बैंक के पास सीधा ऋण पत्र है तो वह म्यूच्यूअल फंड या एक्सचेंज कारोबार के जरिये उसके एवज में कम प्रंजी अवंटित कर सकेगा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये फैसला मौजूद विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है उन्होंने कहा की इससे बैंको की पूंजी बचत में काफी वृद्धि हो सकेगी और निगमित बांड बाजार भी मजबूत होगा

भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने से आक्रोशित होकर सरना समिति के लोगों ने मार्ग अवरूद्व कर दिया है जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गयी है